मंगलवार से प्रतिदिन सुनवाई का दिया आदेश उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई की याचिका पर उन्नाव दुष्कर्म पीडिता दुर्घटना मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने के अपने पूर्व आदेश को फिलहाल किया स्थगित राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण संशोधन अधिनियम अधिसूचना जारी होने के साथ ही लागू प्रदेश के कई जिलों में वर्षा होने से उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या स्थित राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद के बारे में बहुत दिनों से लम्बित भूमि विवाद की मंगलवार से रोजाना सुनवाई करने का आदेश दिया है सर्वसम्मति से विवाद सुलझाने के प्रयास विफल हो जाने के बाद उच्चतम न्यायालय ने कल यह आदेश दिया प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व में गठित पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति द्वारा सर्वसम्मति से समाधान न होने की रिपोर्ट देने के बाद यह संज्ञान लिया है शीर्ष न्यायालय ने मध्यस्थता समिति से इकत्तीस जुलाई तक वर्तमान स्थिति के बारे में रिपोर्ट पेश करने को कहा था संक्षिान पीठ में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे डी वाई चंद्रचूड अशोक भूषण और एस ए नजीर भी शामिल है पीठ ने इस वर्ष छब्बीस फरवरी को विवाद से संबंधित पक्षों को सर्व सम्मति से मामले का समाधान तलाशने के लिए कहा था

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने सोलीसीटर जनरल तुषार मेहता की दलील पर संज्ञान लेते हुए यह फैसला लिया तुषार मेहता ने सीबीआई की ओर से न्यायालय में दलील दी कि पीड़िता के साथ दुर्घटना पिछले रविवार को हुई थी और इस मामले की जांच चल रही है जांच पूरी होने तक इस मामले को दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है उधर लखनऊ में सीबीआई की एक अदालत ने रायबरेली में उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के साथ हुई दुर्घटना के मामले में ट्रक के ड्राइवर और उसके सहायक को सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है अदालत ने सी बी आई को आरोपी विधायक कलदीप सिंह सेंगर से पृछताछ की अनुमति भी दे दी है उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता का परिवार पीड़िता को लखनऊ से दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थानान्तरित करने के बारे में स्वयं फैसला ले सकता है न्यायालय ने कल इस मामले में न्यायालय का सहयोग कर रहे अधिवक्ता वी गिरी के उस वक्तव्य का संज्ञान लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि पीड़िता इस समय बेहोश है और वेंटिलेटर पर है उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिजन फिलहाल उनका इलाज लखनऊ में ही जारी रखने के पक्ष में है उच्चतम न्यायालय ने सभी मीडिया संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पीड़िता की पहचान के बारे में जानकारी प्रसारित ना करें मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी

सीबीआई टीम ने कारणों की सही जानकारी हासिल करने के लिए दुर्घटना के सीन को दोहराया एधर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पीड़िता के चाचा महेश सिंह को कल रायबरेली जेल से तिहाड़ जेल दिल्ली के लिए भेज दिया गया उन्नाव के जिला मजिस्ट्रेट ने आरोपी विधायक क्लदीप सिंह संगर के तीन आर्म लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं केजीएमयू ट्रामा सेंटर लखनऊ के कल के मेडिकल बुलेटिन के अनुसार दुर्घटना में घायल पीड़िता सहित दोनों की हालत अभी भी नाजुक लेकिन स्थिर बनी हुई है और पीड़िता अभी भी वेंटिलेटर पर है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंतकवाद के खिलाफ एनडीए सरकार की प्रतिबद्वता को दोहराया उन्होंने कहा कि आंतकवाद के खिलाफ एक स्वर में आवाज उठाने की जरूरत है कुछ सदस्यों की इस आपत्ति पर कि व्यक्तियों को अंतकवादी नहीं घोषित किया जाना चाहिए गृह मंत्री ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में व्यक्तियों को आंतकवादी घोषित किए जाने का प्रावधान है मेरा तर्क आतंकवादी व्यक्ति को घोषित करने के लिए यही है कि संस्था व्यक्ति से बनती है इसके संविधान से नहीं बनती एक संस्था पर प्रतिक्ष लगाते हैं वो दूसरी संस्था खोल लेते हैं प्रतिक्ष लगाने में इसके लिए प्रफ इव्हा करने में और दो साल चले जाते हैं तब तक यो आतंकवाद फैलाते रहते हैं घटनाएं करते रहते हैं

विधेयक में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन अधिनियम उन्नीस सौ सड़सठ में संशोधनों का प्राक्षान है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एन आई ए संशोधन अधिनियम दो हजार उन्नीस कल से प्रभावी हो गया है गृह मंत्रालय ने कल इसकी अधिसूचना जारी की सत्रह जुलाई को संसद ने इससे संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी विधेयक का उद्देश्य एन आई ए के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना है जिससे वह ऐसे अपराधों की जांच कर सकता है जो भारतीयों के साथ साथ विदेशों में भारतीय सम्पत्तियों को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं इसके अलावा एन आई ए अब मानव तस्करी जाली नोट अवैघ हथियारों का निर्माण साइबर आतंकवाद और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम उन्नीस सौ आठ के तहत हो रहे अपराधों की जांच कर सकेगा पाकिस्तान के खिलाफ उन्नीस सौ पैंसठ के युद्व में दुश्मन के छक्के छड़ाने वाले जाबांज परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की पत्नी रसूलन बीबी का कल निधन हो गया वह लगभग पन्चानबे वर्ष की थी उन्होंने गाजीपुर के दुल्लहपुर क्षेत्र के धामूपुर गांव में अपने आवास पर अंतिम सांस ली वह कुछ दिनों से बीमार चल रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम अन्य लोगों ने रसूलन बीबी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्रीमती रसूलन बीबी वीर नारी थी उनके पति अब्दुल हमीद ने उन्नीस सौ पैंसठ के युद्व में अद्म्य साहस का परिचय दिया जिसके लिये उन्हें मरणोपरान्त देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिये यह गौरव का विषय है कि शहीद अब्दुल हमीद गाजीपुर के निवासी थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में मथुरा के शहीद रामवीर को अपनी भावभीनी श्रद्वाजलि अर्पित की है मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को पच्चीस लाख रूपये की आर्थिक सहायता दिये जाने की भी घोषणा की है इसके अलावा शहीद के परिवार के एक सदस्य को मृतक आश्रित के तौर पर सरकारी नौकरी भी दी जायेगी मुख्यमंत्री ने शहीद की स्मृति में एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की भी घोषणा की गौरतलब है कि मथुरा के कोसीकलां क्षेत्र के गांव पुलवाना पिपरवाला निवासी पच्चीस वर्षीय रामवीर गुरूवार की रात शोपियां जिले में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गये थे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मेरठ के प्रभारी सिद्वार्थनाथ सिंह ने सदस्यता अभियान के अन्तर्गत कल मेरठ में रिक्शा और ई रिक्शा चालाकों और ऑटों चालकों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के बाद सिद्वार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों से कहा कि आज हर वर्ग भाजपा से जुड़ना चाहता है उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबको अपने साथ लेकर सबका विकास करती है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्द्वन ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विघेयक के बारे में हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से मुलाकात की उन्होंने डॉक्टरों को यह बताया कि यह विधेयक स्वयं उनके रोगियों और देश के हित में है बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर डॉक्टरों की भ्रांतियों को दूर किया है स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों से अपना विरोध समाप्त करने का अनुरोध किया

वर्षा होने से किसानों को फसलों की सिंचाई में बड़ा लाभ हुआ है बरेली मेरठ बदायूं सुल्तानपुर पीलीमीत मऊ हापुड़ मुजफ्फरनगर मुरादाबाद संभल रामपुर और मथुरा सहित प्रदेश के कई जनपदों में हल्की से भारी वर्षा दर्ज की गई कई स्थानों पर वर्षा न होने से लोगों को तेज धूप और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में प्रदेश के छिटपुट स्थानों पर वर्षा की संभावना के साथ सोमवार को प्रदेश के पश्चिमी भाग में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है

ये लोग प्रयागराज जा रहे थे